इस अवसर पर प्रदेश विधानमंडल का एक दिवसीय विशेष सत्र का किया गया है आयोजन राज्यपाल आनन्दीबेन पटेल दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को करेंगी संबोधित मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा प्रदेश सरकार राज्य में नकलविहीन परीक्षा कराने के लिए उठा रही है हर सम्भव कदम उच्चतम न्यायालय ने प्रदूषण नियंत्रण के लिए सभी राज्यों से वायु गुणवत्ता पेयजल और कूड़े के निपटान के बारे में रिपोर्ट दाखिल करने का दिया निर्देश बांदा जिले में कल एक सड़क द्र्घटना में नौ लोगों की मौत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जताया गहरा शोक मृतकों के परिजनों को दी जायेगी पांच पांच लाख रूपये की आर्थिक सहायता

आज ही के दिन उन्नीस सौ उन्चास में संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया

सरकार ने संविधान दिवस के सत्तर वर्ष पूरे होने पर वर्ष भर चलने वाले कार्यक्रमों की योजना बनाई है इस अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्द आज दोपहर दोनों सदनों की र्बठक को सम्बोधित करेंगे इसमें उपराष्ट्रपति वेंकैया नायड् प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला शामिल होंगे राष्ट्रपति संसद के केन्द्रीय हॉल में वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग के माध्यम से डिजीटल प्रदर्शनी का भी उद्घाटन करेंगे संविधान दिवस पर प्रदेश विधानमण्डल का आज चौबीस घंटे का विशेष सत्र आयोजित किया गया है राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के संबोधन के साथ दिन में ग्यारह बजे इस विशेष सत्र का श्मारम होगा सत्र के दौरान संविधान की प्रस्तावना और मौलिक कर्तव्यों तथा डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर के सिद्वांतों पर व्यापक चर्चा की जाएगी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता राजेन्द्र चौधरी ने कहा कि उनकी पार्टी संविधान दिवस पर आयोजित होने वाले इस विशेष सत्र में भाग लेगी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार सिंह लल्लू ने भी कहा कि उनकी पार्टी इस विशेष सत्र में हिस्सा लेगी एक रिपोर्ट हमारे संवाददाता सेः संविधान दिवस के अवसर पर आयोजित इस विरोष सत्र की शुरुआत राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के विधानसभा और विधान परिषद के सदस्यों को संयुक्त रूप से संबोधित करने से होगी इस विशेष सत्र के दौरान विधान मंडल के सदस्य संविधान की प्रस्तावना और संविधान निर्माता डॉ भीमराव अंबेडकर के विचारों पर चर्चा करेंगे प्रदेश भर में स्कूलों और विश्वविद्यालयों में संविधान की प्रस्तावना पर कोंद्रित प्रदर्शनियों और प्रस्नोत्तरी कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा

सुशील चन्द्र तिवारी आकाशवाणी समाचार लखनऊ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की एक सौ पच्चीसवीं जयन्ती समारोह के क्रम में संसद में सत्ताईस नवम्बर दो हजार पन्द्रह को संविधान के प्रति वचनबद्वता पर हुई बहस के समापन पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सम्बोधित किया था अपने संबोधन में उन्होंने कहा था कि संविधान में दो सिद्वान्तों पर विशेष बल दिया गया है पहला भारतीयों का आत्म सम्मान और दूसरा भारत की एकता संविधान के अंदर भी सबकी भूमिका रही है और उस समय जिनके नेतृत्व में देश चलता था उनकी विशेष भूमिका रही है और इसलिए इतना उत्तम संविधान जो हमें मिला है इसकी हम जितनी सराहना करें उतनी कम है हम जितना गौरव करें उतना कम है और अगर संविधान को सरल भाषा में अगर मुझे कहना है तो हमारा संविधान हिग्नेटी फॉर इंडियन एंड यूनिटी फॉर इंडिया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में आज भारत विश्व को शांति का संदेश देने में सक्षम है यदि द्श्मन देश पर हमला करेगा तो उसका भी हम मुंहतोड़ जवाब दे सकते हैं मुख्यमंत्री कल आगरा में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पैंसठवें राष्ट्रीय अधिवेशन के पुरस्कार वितरण समारोह में विभिन्न राज्यों से आर्य लोगों को सम्बोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के अधिवेशन में लघ् भारत का दर्शन देखने को मिलता है श्री योगी ने कहा कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने छात्र शक्ति को राष्ट्रवाद का पाठ सिखाया प्रदेश की रिक्षा व्यवस्था के बारे में उन्होंने कहा कि जब राज्य में उनकी सरकार आयी थी तो बेसिक शिक्षा परिषद की स्थिति खराब थी इसके लिए स्कूल चलो अभियान चलाया गया और स्कूलों में बुनियादी सुविधाएं दी गईं उन्होंने कहा कि पचास लाख नए छात्रों को स्कूलों में प्रवेश दिया गया मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने राज्य में नकलविहीन परीक्षा कराने के लिए हरसंभव कदम उठाए हैं उन्होंने कहा कि इसी का परिणाम है कि बिना पढ़े सर्टिफिकेट चाहने वाले पांच लाख छात्रों ने परीक्षा छोड़ी श्री योगी ने कहा कि स्कूलों की पढ़ाई बाधित न हो इसलिए महापुरुषों की जयंती मनाओ और छुट्टी बंद करो की नीति अपनाई गई है इन विशेष अवसरों पर स्कूल खोलकर छात्रों को त्योहार और जयंती मनाने के महत्व के बारे में बताया जाता है केन्द्र सरकार ने कहा है कि सरकारी कर्मचारियों को साठ वर्ष की आयु अथवा तैंतीस वर्ष की सेवा पूरी करने पर सेवानिवृत्त करने का कोई प्रस्ताव नहीं है कल लोकसभा में केन्द्रीय वित्त राज्यमंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने एक लिखित प्रश्न के उत्तर में यह जानकारी दी

न्यायालय ने कल केन्द्र सरकार से कहा कि वह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में प्रदूषण से निपटने के लिए स्मॉग टावर लगाने के बारे में दस दिन के अन्दर फैसले की जानकारी दे न्यायालय ने प्रदृषण से निपटने के मामले में उत्तर प्रदेश पंजाब हरियाणा और दिल्ली सरकारों की भूमिका पर असंतोष जाहिर किया और उनसे पूछा कि उन्हें वायु प्रदूषण से प्रमावित लोगों को मुआवजा देने को क्यों न कहा जाये पराली जलाये जाने पर टिपणी करते हुए न्यायालय ने कहा कि इसके लिए सिर्फ सरकार ही नहीं बल्कि किसान भी जिम्मेदार हैं न्यायालय ने गंगा और यमुना समेत विभिन्न नदियों में प्रद्षण पर नियंत्रण के लिए उठाये गये कदमों के बारे में केन्द्रीय प्रद्षण नियंत्रण बोर्ड से भी रिपोर्ट मांगी निर्वाचन आयोग ने प्रदेश में राज्यसभा की एक सीट पर बारह दिसम्बर को होने वाले चुनाव के लिये कल अधिसूचना जारी कर दी राज्यसभा की यह सीट समाजवादी पार्टी की तंजीम फातिमा के इस्तीफा देने के कारण रिक्त हुई है

पिछले महीने विधानसभा की ग्यारह सीटों पर हुए उप चुनाव में तंजीम फातिमा ने रामपुर सदर से अपनी जीत दर्ज की थी और राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया था इस सीट का कार्यकाल अगले वर्ष पच्चीस नवम्बर को समाप हो रहा हैं निष्कासित कांग्रेस नेता सिराज मेहदी ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस में कुछ कम्युनिस्ट मानसिकता के नेता शामिल हो गये हैं जो महासचिव प्रियका गांधी वाड्रा को ग्मराह कर रहे है सिराज मेहंदी ने कल लखनऊ में एक प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि हाल ही में पार्टी की प्रदेश इकाई द्वारा दस वरिष्ठ नेताओं को निष्कासित किया जाना पार्टी के संविधान के खिलाफ है और सभी नेता पार्टी सुप्रीमो सोनिया गांधी से मिलकर अपना पक्ष रखेंगे पार्टी की प्रदेश इकाई ने सिराज मेहंदी राम कृष्ण द्विवेदी और सत्यदेव त्रिपाठी सहित दस वरिष्ठ नेताओं को पार्टी से छह साल से निष्कासित कर दिया है सिराज मेहंदी ने कहा कि इन सभी नेताओं को कोई नोटिस नहीं मिला और न ही उन्होंने किसी नोटिस का जवाब दिया प्रदेश के महराजगंज में राज्य का पहला गिद्द संरक्षण केन्द्र स्थापित किया जायेगा प्रधान मुख्य वन संरक्षक वन्य जीव स्नील पाण्डेय ने बताया कि प्रदेश सरकार विलुप्त प्रायः गिद्दों के संख्यण और उनकी आबादी बढ़ाने के लिर्य महराजगंज की फरेंदा तहसील के भारी वैसी गांव में प्रदेश का पहला जटायु संरक्षण और प्रजनन केन्द्र स्थापित करेगी गोरखपुर वन प्रभाग में पांच हेक्टेयर में स्थापित होने वाला यह केन्द्र हरियाणा के पिंजौर में स्थापित देश के पहले जटायू संरक्षण और प्रजनन केन्द्र की तर्ज पर स्थापित किया जायेगा उन्होंने बताया कि इस केन्द्र की स्थापना वन्य जीव अनुसंधान संगठन और बाम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसायटी द्वारा संयुक्त रूप से की जायेगी

घायलों को इलाज के लिये अस्पताल में भर्ती कराया गया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुर्घटना पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए अधिकारियों को घायलों के उपचार की समुचित व्यवस्था करने के निर्देश दिये हैं परिवहन निगम द्वारा मृतकों के परिजनों को यात्री राहत कोष से पांच पांच लाख रूपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जायेगी